उपमुख्यमंत्री चाउना मैन ने कहा है कि राज्य सरकार पनबिजली सेक्टर में गंभीर निवेशकों को हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है पनबिजली उत्पादको और उपायुक्तों की बैठक में ईटानगर में उन्होंने ये बात कही उपमुख्यमंत्री के पास पनबिजली विभाग भी है उन्होंने ये बैठक राज्य में आवंटित परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को समझने के लिए बुलाई थी उन्होंने उपायुक्तों को भी निर्देश दिए कि वे प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग करें मुख्यमंत्री पेमा खाण्डू ने पनबिजली पर कल हुए एक सेमिनार में कहा था कि नागालैंड के पास पचास हजार मेगावट पनबिजली उत्पादन की क्षमता है लेकिन दुख की बात है कि वह इसका केवल दो फीसदी उत्पादन ही कर पा रहा है आज विश्व रेडियो दिवस है इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य जनता और मीडिया में रेडियो के महत्व के बारे में जागरुकता बढ़ाने और निर्णय करने वालों को रेडियो के माध्यम से सूचना संपर्क उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहन करना है यह रेडियो की अनोखी क्षमता का याद करने के लिए भी मनाया जाता है जिसका संबंध आम लोगों के जीवन में है विश्व रेडियो दिवस दुनिया के सभी भागों के लोगों को जोड़ता है इस वर्ष के रेडियो दिवस का मुख्य विषय है रेडियो और विविधता संयुक्त रास्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरेज ने इस अवसर पर अपने संदेश में कहा है कि रेडियो लोगों को एक साथ जोड़ता है मीडिया के तीव्र विकास के आज के युग में समाचार और सूचना के महत्वपूर्ण स्रोत के रुप में हर समुदाय के लोगों के लिए इसका विशेस महत्व है विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटि ने कहा है कि लोगों के जीवन में रेडियो की बड़ी अनोखी भूमिका और स्थान है उन्होंने कहा कि देश के अनेक भागों में अब भी लोग सूचनाओं के बुनियादी स्रोत के रुप में रेडियो पर निर्भर है

भारतीय वायू सेना की पूर्वी कमान के प्रमुख एयर मार्शल आर डी माथुर ने कल जिरो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड का निरीक्षण किया श्री माथुर ने सैन्य टूकड़ी की तैनाती उनके आवागमन देश की अग्रीम सीमा चौकियों तक आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सहित कई महत्वपूर्ण विषयों के बारे में एडवांस लैंडिंग़ ग्राउंड पर तैनात कर्मियों की जानकारी ली गौरतलब है कि हाल ही में विकसित किए गए एडवांस लैंडिंग ग्राउंड का उपयोग विशेस रुप से सैन्य कार्यों के लिए किया जाता है राज्य के स्व सहायता समूहो के माध्यम से बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है चांगलांग जिले के मियाओ में वर्ष उन्नीस सौ छिहत्तर में स्थापित चोफेलिंग तिब्बत सर्विस को आपरेटिव सोसायटी से करीब पांच हजार लोगों को रोजगार मिल रहा है इससे जुड़े स्थानीय लोग कारपेट या अन्य हस्तशिल्प का उत्पादन करते है जिसका सोसायटी द्वारा मार्केटिंग किया जाता है राज्य के शहरी विकास मंत्री कामलुंग मोसांग ने कल पापुमपारे जिले के पांचाली और लोबी के बीच आवागमन के लिए नवनिर्मित सिमेंट कंक्रिट रोड का उद्घाटन किया इस अवसर पर विधायक तेची कासो राजधानी क्षेत्र जिला उपायुक्त के दोलूम और शहरी विकास विभाग के सचिव सोनल स्वरुप मौजूद थे अपने संबोधन में श्री मोसांग ने कहा कि सरकार सभी क्षेत्रों को सभी मौसम के अनुकुल सड़कों से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार इकाई का दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन में चल रहा है सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए समाचार सेवा प्रभाग की प्रधान महानिदेशक ईरा जोशी ने कहा कि आकाशवाणी समाचार प्रभाग ने इन वर्षों ने कई नई चीजे शुरु की है जो लोगों के लिए समाचार सूचना का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत बन गई है इस सम्मेलन में आकाशवाणी की सभी क्षेत्रिय समाचार इकाईयों के प्रतिनिधि भाग ले रहे है छात्रों में स्वास्थ्य संबंधी जागरुकता लाने के लिए हर विद्यालय से दो शिक्षकों को स्वास्थ्य और आरोग्य द्रत बनाया जाएगा उन कक्षाओं के मॉनिटर स्वास्थ्य और आरोग्य संदेशवाहक के रुप में उन आरोग्य द्रतों की सहायता करेंगे आयुष्मान भारत के अंतर्गत इस पहल की शुरुआत कल नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने की